उन्होंने पूर्ववर्ति सरकारों पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा अन्नदाता को वोट बैंक के रूप में समझा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर पहले ही किसानों की बेहतरी के लिये काम किया जाता तो किसान कर्ज में कभी नहीं डूबता

विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसी गरीब को आधार के आभाव में अनाज से वंचित नहीं किया जाएगा और ना ही आधार के आभाव में किसी को भी अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा से रोका जाएगा

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल राज्य सभा में बताया कि यह कार्य चरणबद्व तरीके से किया जा रहा है उन्होंने बताया कि एलएचबी डिब्बों की क्षमता और गति अधिक है और इनका लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर हई इन नियुक्तियों से जहां जिलो के विकास कार्यो को गति मिलेगी वहीं सरकार के गुड गवर्नेस का उददेश्य भी साकार हो सकेगा मंत्री शांति धारीवाल को जयपुर बी डी कल्ला को जैसलमेर बाडमेर लालचंद कटारिया को पाली तथा जोधपुर रघु शर्मा को सीकर प्रतापसिंह खाचरियावास को कोटा बूंदी और विश्वेन्द्र सिंह को करौली और धौलपुर की जिम्मेदारी दी गयी है

इसका लाभ स्कूलों के साथ ही विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ने वाली बालिकाओं को मिलेगा उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि योजना के पहले चरण में सरकारी कॉलेजों दूसरे में विश्वविद्यालय की बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराने के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे है

श्री भाटी ने बताया कि सभी सरकारी कॉलेजों में बालिकाओं के लिये नेपकिन वेंडिंग मशीन लगाई जायेगी

कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि उपज का दाम गिरने की स्थिति में किसानों की मदद करने के लिए केंद्र सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना है

मिलट्री स्टेशन पर तैनात हरियाणा निवासी इस जवान पर अपनी महिला मित्र को सेना की खुफिया जानकारिया मुहैया कराने का आरोप है हालांकि अभी तक इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं की गयी है लेकिन इसे पूछताछ के लिये जयपुर लाया जा रहा है

बाघिन पिछले दो हफ्तो से छोटे एन्क्लोजर में रह रही थी जिससे इस क्षेत्र में बाघों के प्रजनन की वन विभाग की कोशिश में रूकावट बनी हुई थी

आबाकारी आयुक्त के निर्देश पेर नाथद्वारा के नाथूवास भुनावता मोडवा और पाखड गांव में की गई कार्यवाही में बडी संख्या में देशी शराब की बोतले भी जब्त की गई और लगभग ढाई हजार लीटर वॉश नष्ट किया गया

नई दिल्ली में मिशन ओलम्पिक स्पोर्ट स मीट के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री राठौड़ ने कहा कि सरकार इस साल से बच्चों का फिजिकल टेस्ट शुरू करने जा रही है

मेले में इस बार की थीम कौशल विकास और श्रम कल्याण रखी गई है

इस दौरान उन्नत कृषि पश्पालन और स्थानीय खनिज पदार्थों के उद्योगों में उपयोग पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है मेले में दर्शकों के मनोरंजन के लिये रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी रखा गया है

पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया मामले की जांच की जा रही है इधर सवाईमाधोपुर शहर के आवासन मंडल रोड पर ट्रेक्टर की टक्कर से आज एक वृद्ध की मृत्यु हो गयी इसी तरह जालोर जिले के ध्रमबडिया गांव के पास ट्रेक्टर और जीप की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई जबकि पांच लोग घायल हो गये

हालांकि कल के मुकाबले आज सुबह न्यूनतम तापमान में बढोतरी से कुछ राहत मिली है कोहरे के कारण सुबह के समय प्रदेश के विभिन्न जिलों में सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा है